लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम होगा समाप्त ब्रहस्पतिवार को डाले जायेंगे वोट लोकसभा चुनाव के छठें चरण के लिए अधिसूचना आज जारी कि जाएगी आज ही से शुरू हो जायेगी नामांकन की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सात संसदीय सीटों के लिये कल अपने प्रत्याशियों की एक और सुची की जारी गोरखप्र से भोजप्री कलाकार रविकिशन जबकि देवरिया से रमापति राम त्रिपाठी होंगे पार्टी के उम्मीदवार निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आजम खॉ पर बहत्तर घंटे और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती और केन्द्रीय मंत्री भाजपा नेता मेनका गांधी पर लोकसभा चुनाव के दौरान अड़तालिस घंटे च्नाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है श्री योगी और सुश्री मायावती पर यह प्रतिबंध आज सुबह छः बजे से लागू हो गया निर्वाचन आयोग ने इन नेताओं के बयानों की कड़ी निन्दा की है सुश्री मायावती को देवबंद में दिए गए उनके भाषण में एक धर्मविशेष के लोगों से समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील के लिए नोटिस जारी किया गया था श्री योगी को मेरठ में एक चुनावी रैली में उनकी बयानबाजी पर नोटिस जारी किया गया था

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लघन के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती पर चुनाव प्रचार करने की रोक लगाये जाने का स्वागत किया है संसदीय चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान चरम पर है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं इस चरण में तेरह राज्यों और एक केन्द्र शासित प्रदेश के सन्तानबे निर्वाचन क्षेत्रों में अट्ठारह अप्रैल को वोट डाले जाएंगे लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार आज शाम समाप्त होगा वहीं इस चरण के दौरान प्रदेश की आठ सीटों नगीना सुरक्षित सीट अमरोहा बुलन्दशहर सुरक्षित सीट अलीगढ़ हाथरस सुरक्षित सीट मथुरा आगरा सुरक्षित सीट और फ़तेहपुर सीकरी के लिये मतदान कराया जायेगा राजनीति दलों के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिये समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा में पार्टी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री सिंह ने कहा कि पिछले पांच वर्षो के दौरान एनडीए सरकार की प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों के क्शल क्रियान्वयन से भारत दुनिया में बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है कांग्रेस पर प्रहार करते हुये उन्होंने कहा कि उसके नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ ग़लत शब्दों का इस्तेमाल करके जनमानस में भ्रम पैदा करना चाहते हैं सपा बसपा गठबंधन का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दोनों दलों ने वैचारिक मतभेद और आपसी मनभेद के बावजूद नरेन्द्र मोदी को सत्ता में आने से रोकने के लिये हाथ मिलाया है लेकिन मतदाता इस नकारात्मक सोच को कामयाब नहीं होने देगी उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने फृतेहपुर सीकरी में आयोजित एक जनसभा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजबब्बर के पक्ष में वोट मांगे उन्होंने कहा अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो चुनाव के समय हिन्दुस्तान की बात करिए हिन्दुस्तान के नौजवानों को बताइए आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं महिलाओं को बताइए कि आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं किसानों के लिए कहिए कि आपने कौन सी योजना बनाई है गरीबो के लिए बताईये कि आप उनके लिए क्या करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी इस मौके पर उपस्थित थे उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुरादाबाद में आयोजित जनसभा में कहा कि प्रदेश में सपा बसपा रालोद के पक्ष में माहौल बन चुका है श्री यादव ने कहा कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों की ग़लत नीतियों ने बेरोज़गारों के सपनों वृद्वजनों की पेंशन और नौजवानों की आशाओं पर पानी फेर दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पराजय के डर से गठबंधन के प्रत्याशियों के ख़िलाफ़ भ्रामक प्रचार कर रही है लेकिन वह अपने मंसूबे में सफल नहीं होगी सुश्री मायावती कल अमरोहा में बसपा प्रत्याशी कुंवर दानिश अली के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जीवन पर आधारित फ़िल्म को देखकर देशभर में शुक्रवार को इसके सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में फैसला ले प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने आयेग को यह भी निर्देश दिया कि वह इस बारे में अपना निर्णय बंद लिफ़ाफ़े में अदालत को सौंपे शीर्ष अदालत इस मामले की अगली सुनवाई बाईस अप्रैल को करेगा निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान पिछले बुधवार को इस फ़िल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था आयोग का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को उमारने वाली फिल्म को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए लोकसभा चुनाव के छठें चरण में प्रदेश की चौदह संसदीय सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जायेगी इस चरण के लिये तेईस अप्रैल तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे चौबीस अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी छबीस अप्रैल तक इच्छुक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे इस चरण का मतदान अगले महीने बारह मई को होगा छठें चरण में प्रदेश की जिन चौदह सीटों पर मतदान सम्पन्न होना है उनके नाम हैं सुल्तानपुर प्रतापगढ़ फूलपुर इलाहाबाद आम्बेडकरनगर श्रावस्ती ड्मरियागंज बस्ती संतकबीरनगर लालगंज आजमगढ़ जौनपुर मछलीशहर और भदोही उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि रफाल मामले के उसके फैसले को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गलत ढंग से उद्दत किया न्यायालय ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस बारे में अगले सोमवार तक अपना स्पष्टीकरण दें प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस बारे में भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी द्वारा दायर अवमानना याचिका पर विचार करेगी मीनाक्षी लेखी ने अपनी याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने रफाल फैसले के बारे में उच्चतम न्यायालय के जो उद्वरण दिये वे उसके फैसले में शामिल नहीं थे मामले की अगली सुनवाई तेईस अप्रैल को होगी भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि वह रफाल सौदे के बारे में प्रधानमंत्री के खिलाफ कथित और आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करे पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वे संवैधानिक संस्थाओं की अस्मिता को बार बार अपमानित कर रहे हैं उधर निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पार्टी ने आयोग से श्री गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का अन्रोध किया है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की सात संसदीय सीटों के लिये कल प्रत्याशियों की एक और सूची जारी की है पार्टी ने गोरखपुर से भोजपुरी कलाकार रविकिशन को प्रत्याशी घोषित किया है देवरिया से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है इसके अलावा प्रत्याशी के रूप में जिन नामों की घोषणा की गई है उनमें जौनपुर से केपी सिंह भदोही से रमेश बिंद अम्बेडकर नगर से प्रदेश के सहकारिता मंत्री मुक्ट बिहारी वर्मा प्रतापगढ़ से संगमलाल गुप्ता और संतकबीर नगर से प्रवीण निषाद शामिल हैं पार्टी ने संतकबीर नगर से निवर्तमान सांसद शरद त्रिपाठी का टिकट काट दिया है भारत ने ओडिसा के चांदीप्र स्थित एकीकृत परीक्षण केन्द्र से सब सोनिक क्रज मिसाइल निर्मय का कल सफल परीक्षण किया रक्षा अनुसंघान और विकास संगठन डी आर डी ओ द्वारा पूर्ण रूप से देश में विकसित इस मिसाइल से एक हजार किलोमीटर की दूरी तक निशाना साधा जा सकता है यह मिसाइल तीन सौ किलोग्राम तक के कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और यह सभी मैसम में काम कर सकती है इस वर्ष मॉनसून की सामान्य वर्षा होने की आशा है दक्षिण पश्चिम मॉनसून मौसम की वर्षा के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए भूविज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ एमराजीवन ने बताया है कि जून से सितम्बर तक छियान्नबे प्रतिशत अच्छी बारिश होने की आशा है